नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष आज पूरा हो रहा है इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी देशभर के सभी जिलों में ऑनलाइन रैलियां आयोजित करेगी वहीं दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में कई महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक फैसले लिए गए मारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना देश को आंतकवाद के साए से निकालना और इस खतरे से निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार रहना चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए किसानों और गरीबों में विश्वास पैदा करना नरेन्द्र मोदी सरकार के पांच वर्ष के पहले कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां थीं दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में एनडीए सरकार ने नए भारत के सपने को साकार करने पर जोर दिया है पिछले वर्ष मई में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि देश में अब केवल दो जातियां होंगी पहले गरीब और दूसरे वे जो गरीबी दूर करना चाहते हैं सरकार ने इस दिशा में कोई कोर कसर नहीं छोडी है

झारखंड में पिछले चौबीस घंटों के दौरान छियालीस नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं वहीं एक संक्रमित मरीज की मौत हो गई संक्रमितों में जमशेदपुर के पंद्रह हजारीबाग के दस रामगढ़ के नौ कोडरमा के सात धनबाद के तीन और बोकारो के दो लोग हैं इस तरह राज्य में संक्रमित मरीजों का आंकडा बढकर पांच सौ बाइस हो चुका है इनमें रांची में एक सौ उनतीस गढ़वा में संतावन पूर्वी सिंहमूम में तिरपन गुमला में बीस बोकारो में बाइस पलामू में सत्रह लोहरदगा में तीन रामगढ़ में चौबीस हजारीबाग में पैंसठ धनबाद में सत्रह गिरिडीह में सत्रह सिमडेगा में दस कोडरमा में इकतालीस पश्चिमी सिंहमूम में पंद्रह देवघर में पांच जामताड़ा में दो लातेहार में दस पाकुड़ में चार सरायकेला खरसांवा में चार खूंटी में तीन द्मका में दो और गोड्डा तथा चतरा में एक एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है वहीं दो सौ सोलह संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि पांच मरीजों की मौत हो चुकी है राज्य में जांच के लिए लिए गए इकहतर हजार तीन सौ सत्रह सैंपलों में से अंठावन हजार नौ सौ इकतीस की रिपोर्ट निगेटिव आई है बोकारो जिले के चास में कोरोना संक्रमण का नया मामला सामने आने के बाद आज सुबह से ही पूरे इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है वहीं अनुमंडल पदाधिकारी और नगर निगम के आयुक्त घूम घूम कर लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक कर रहे हैं इसके अलावे लोगों को लॉकडाउन का पालन करने को भी कहा जा रहा है गिरिडीह जिले में लॉक डाउन के दौरान मुख्यमंत्री दीदी किचन से लगभग चौवालीस लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है

मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन और न्यायधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने स्वतः संज्ञान से दर्ज एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से प्रवासी मजदूरों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी मांगी है सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस मामले में केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन राज्य सरकार कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर जामताड़ा जिले के एक किसान परिवार ने श्रमदान से पच्चीस फीट गहरा कुआं खोद डाला है जिले के गोपालपुर गांव के इस परिवार ने सब्जी की फसल लगाई है लेकिन उनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं था परिवार के सदस्य बाबूसर सोरेन कहते हैं कि अब यह कुआं उनकी फसलों को सिंचित करेगा गांव के मुखिया मनोज सोरेन ने भी इस परिवार की पहल की प्रशंसा की है

कोरोना संक्रमितों की बढ़ रही संख्या और लॉकडाउन को देखते हुए इसे इकतीस मई के बाद एक महीना और चलाने का निर्णय लिया गया खाद्य आपूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि दाल भात केंद्रों में समी को बिना किसी परिचय पत्र के मुफ्त में र्मोजन दिया जाता है इन केंद्रो में लगभग एक करोड़ चालीस लाख लोग भोजन ले चुके हैं

झारखंड के कृषि उत्पादों को विदेशों में बाजार उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे कृषि पश्पालन और सहकारिता मंत्री बादल ने कहा कि कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है इस समिति को राज्य में उत्पादित होने वाली सब्जियों आयुर्वेदिक और वन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर पंद्रह दिनों में रिपोर्ट देने को कहा गया है कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि किसानों को जैविक कृषि से जोड़कर उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाया जाएगा

मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह पैंसठवीं कड़ी होगी

यह कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी से मन की बात के हिंदी प्रसारण के तुरन्त बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में पुनः प्रसारण शाम को आठ बजे किया जाएगा राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों में संविदा पर कार्य कर रहे पैंसठ साल से अधिक उम्र के सेवानिवृत अधिकारियों को सेवा विस्तार नहीं मिलेगा इस संबंध में संबंधित उपक्रमों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं नगर विकास विभाग के उपक्रम जुडको में इसे लाग कर दिया गया है विभाग के सचिव विनय कमार चौबे ने बताया कि सरकार सेवानिवृति के बाद कर्भियों को संविदा पर नहीं रखने का निर्णय पहले ही ले चुकी है

हजारीबाग स्थित एक नर्सिंग होम में एक मरीज की मौत के बाद आज उसके परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया इसकी जानकारी मिलने पर विधायक मनीष जायसवाल पूर्व विधायक मनोज यादव और जानकी यादव ने मौके पर पहुंच कर आक्रोशित परिजनों को शांत कराने की कोशिश की इघर नर्सिंग होम में सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में जवानों को तैनात कर दिया गया है

आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस के अधिकारियों और जवानों को अब मूल वेतन का पचास प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता नहीं मिलेगा

जेपीएससी ने छठी सिविल सेवा परीक्षा में सफल तीन सौ छब्बीस अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी है

राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले चार दिनों तक आंशिक बादल छाए रहेंगे इस दौरान कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात हो सकती है